शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा एसएमसी शिक्षकों को नियमित नहीं करेगी सरकार राज्य सरकार प्रदेश में रेलवे नेटवर्क के विस्तारीकरण के लिए दृढ़ संकल्प केन्द्र ने रेल परियोजनाओं के लिए धनराशि की जारी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कर्ज की सीमा बढ़ाए जाने के प्रदेश सरकार के फैसले की आलोचना की

बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान यह खुलासा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है लेकिन बीमा कंपनियों की वजह से बागवानों को लाभ नहीं मिल रहा है महेंद्र सिंह ठाकुर फसल बीमा योजना को लेकर विधायक नरेंद्र बरागटा के सवाल का जवाब दे रहे थे

शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने विधायक विनय कुमार किशोरी लाल वीरभद्र सिंह और हर्षवर्धन चौहान के संयुक्त सवाल पर कहा कि एसएमसी शिक्षकों को नियमित करने का सरकार का फिलहाल कोई इरादा नहीं है

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करती है और इसका अनुपालन किया जा रहा है उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने इन शिक्षकों को नियमित करने का कोई आदेश नहीं दिया है

प्वांड्ट ऑफ आर्डर सांसद राम स्वरूप शर्मा की रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में प्रदेश सरकार दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट आने के बाद ही कोई कदम उठाएगी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री द्वारा प्वाइंट आफ आर्डर के जरिए ये मामला उठाने के बाद ये बात कही उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज किया है और सभी सबूत भी मौके से एकत्र किए हैं मुख्यमंत्री ने दिवंगत सांसद राम स्वरूप शर्मा की मौत के मामले में सोशल मीडिया पर की जा रही तरह तरह की टिप्पणियों को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया उन्होंने कहा कि राम स्वरूप शर्मा के निधन का स्वास्थ्य ही एक बड़ा कारण रहा जो अभी तक परिवार के सदस्य बता रहे हैं जयराम ठाकुर ने कहा कि इस मामले पर राजनीति नहीं करनी चाहिए इससे पूर्व विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने सांसद रामस्वरूप शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले को उठाते हुए कहा कि सुसाइड नोट नहीं मिला है और न ही कोई स्टेटमेंट मिली है जिससे लोग हैरत में हैं कि सादगी से भरा व्यक्ति जिसने चार दिन पहले कोविड वेक्सीन ली वह एकाएक ऐसा कदम कैसे उठा सकता है अग्निहोत्री ने कहा कि सदन में इस संबंध में स्टेटमेंट दी जानी चाहिए और सदन को सारी स्थिति से अवगत करवाया जाए संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि यदि परिजन चाहेंगे तो हिमाचल सरकार सीबीआई जांच को लिखेगी

यह बात जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने विधानसभा में भाजपा विधायक रमेश धवाला द्वारा प्रदेश में लगातार सूख रहे पेयजल स्त्रोतों तथा गिरते जल स्तर के सुधार के लिए नीति बनाने को लेकर गैर सरकारी दिवस के तहत लाए संकल्प पर हुई चर्चा के जवाब में कही उन्होंने यह भी घोषणा की कि सरकार संभावित सूखे से निपटने के लिए इस साल राज्य में हैंडपंप और बोरवैल लगाने की इजाजत देगी महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले एक साल से राज्य में हैंडपंप और बोरवैल लगाने पर प्रतिबंध लगा रखा है जवाब से संतुष्ट रमेश धवाला ने बाद में अपना संकल्प वापस ले लिया उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में पेयजल समस्या को लेकर दो मोर्चो पर एक साथ काम कर रही है इनमें वर्तमान में आ रही समस्याओं से निपटना व दीर्घकालीन योजनाएं तैयार करना शामिल हैं

चर्चा में विधायक नरेंद्र ठाकुर राकेश सिंघा इंद्रदत्त लखनपाल होशियार सिंह कमलेश कुमारी और अरूण कुमार ने हिस्सा लिया संकल्प रामलाल उद्योग व परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में रेलवे नेटवर्क के विस्तारीकरण के लिए दृढ़ संकल्प है

बाद में सदन ने इस संकल्प को ध्वनिमत से अस्वीकार कर दिया बिक्रम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन को विशेष रेल परियोजना घोषित किया है

उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने ऊना हमीरपुर और बिलासपुर मंडी लेह नई ब्राडगेज रेल लाइनों का मामला केंद्र सरकार से उठाया है और ये दोनों मामले केन्द्र के विचाराधीन है उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ बद्दी और भानुपल्ली बिलासपुर बैरी रेल लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है

इससे पहले कांग्रेस सदस्य राम लाल ठाकुर ने प्रदेश में रेलवे के विस्तारीकरण को सुदृढ़ करने को लेकर लाए गए संकल्प पर चर्चा शुरू करते हुए कहा कि रेलवे विस्तार के क्षेत्र में हिमाचल की अनदेखी हुई है उन्होंने कालका शिमला हैरिटेज रेलवे टैक को ब्राडग्रेज लाइन के रूप में तब्दील करने का आग्रह किया विधायक बलबीर सिंह ने भी प्रदेश के धार्मिक स्थलों को रेलमार्ग से जोडने का आग्रह किया कांग्रेस के राजेंद्र राणा ने कहा कि चुनाव के समय ही ऊना से हमीरपुर को रेलमार्ग से जोड़ने का मामला उठता है भाजपा सदस्य कर्नल इंद्र सिंह ने कहा कि रेलवे विस्तार न होने से प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति नहीं मिल पाई है कांग्रेस सदस्य जगत सिंह नेगी ने प्रदेश के सबसे पुराने रेलमार्ग कालका शिमला ट्रेक से छेड़छाड़ न करने का आग्रह किया विधायक होशियार सिंह सुंदर ठाकुर लखविंद्र राणा विनोद कुमार सतपाल रायजादा सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने भी चर्चा में हिस्सा लिया राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश सरकार द्वारा कर्ज की सीमा बढ़ाए जाने के फैसले की आलोचना की है उन्होंने कहा कि प्रदेश पहले ही कर्ज के बोझ तले डूबा है और अब कर्ज की सीमा बढ़ने से राज्य के वित्तीय साधनों पर और अधिक बोझ पड़ेगा जिसका सीधा असर विकास कार्यो और जनता पर पड़ेगा राठौर ने कहा कि सरकार अपने खर्चों में कटौती नहीं कर रही है और बढ़ते खर्चो पर भी सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है उन्होंने सरकार पर कर्ज में लिए गए पैंसों का दुरूपयोग करने का आरोप भी लगाया अविनाश राय प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी नगर निगम च्नावों में पार्टी चिन्ह पर चुनाव लड़ेगी

इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप और पार्टी सह प्रभारी संजय टंडन भी मौजूद रहे

शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा एसएमसी शिक्षकों को नियमित नहीं करेगी सरकार राज्य सरकार प्रदेश में रेलवे नेटवर्क के विस्तारीकरण के लिए दृढ़ संकल्प केन्द्र ने रेल परियोजनाओं के लिए धनराशि की जारी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कर्ज की सीमा बढ़ाए जाने के प्रदेश सरकार के फैसले की आलोचना की